प्रधानमंत्री तुमक्रू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के तुमकुरू में छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया उन्होंने छत्तीसगढ़ सहित इक्कीस राज्यों के प्रगतिशील किसानों को भी यह पुरस्कार प्रदान किए प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने राज्य की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किया छत्तीसगढ़ को वर्ष दो हजार सोलह सत्रह में कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी दो के तहत सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा इस पुरस्कार के लिए चुना गया है इनके अलावा प्रदेश के दो प्रगतिशील किसानों विरेन्द्र साहू और अदिति कश्यप को भी पुरस्कृत किया गया पुरस्कार के तौर पर उन्होंने दो दो लाख रूपये की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छह करोड़ किसानों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बारह हजार करोड़ रुपये भी जारी किए इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कृषि निर्यात मूल्यवर्धक उपज विपणन और वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आय को दोगुना करने जैसी योजनाओं पर बात की उन्होंने कहा कि कॉफी रबर नारियल और दालों के उत्पादन के लिए विशेष कार्यक्रम श्रू किए गए हैं उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सिंचाई की सुविधाओं को बेहतर बनाने और कृषि कार्य में लगे लोगों के कौशल विकास के लिए काम कर रही है मुख्यमंत्री निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पिछले एक दो दिनों से हो रही बारिश से उपार्जन केन्द्रों में रखे धान को बचाने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने धान को व्यवस्थित तरीके से तालपत्री से ढक कर रखने और उपार्जन केन्द्रों में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था को कहा है जिससे निचले हिस्से का धान खराब न हो मुख्यमंत्री ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को धान की कस्टम मिलिंग में तेजी लाने के भी निर्देश दिए है उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि वे अपने धान को मौसम देखकर ही उपार्जन केन्द्रों में बेचने लाए गुरू गोविंद सिंह जयंती दसवें सिख गुरु गुरू गोविन्द सिंह जी की तीन सौ तिरपनवीं जयंती आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है गुरू गोबिन्द सिंह जी का जन्म सोलह सौ छियासठ में पटना साहिब में हुआ था और वे दसवें सिख गुरूओं में आखिरी थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाएं युगांतरकारी हैं जो हमेशा प्रासंगिक रहेंगी प्रधानमंत्री ने प्रकाश पर्व पर बधाई दी है राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरू गोविंद सिंह की जयंती पर सिख समाज और प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं इस मौके पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं रायपुर के पंडरी स्थित गुरूद्वारे में आयोजित प्रकाश पर्व समारोह में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें गुरू गोविंद सिंह के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए इधर राजनांदगांव में सुबह से धार्मिक आयोजनों का सिलसिला चल रहा है पंजाब से पहुंचे रागी जत्थी के कीर्तन से गुरूद्वारा गूंज रहा है वहीं एक दिन पहले कल सिख समाज ने प्रकाश पर्व के अवसर पर शोभायात्रा निकाली

ट्राई ने वक्तव्य में कहा कि एक घर में एक से अधिक टीवी होने पर केबल ऑपरेटर द्वारा ग्राहकों से नेटवर्क क्षमता शुल्क के रूप में अधिक शुल्क वसूल करने की शिकायतें मिली हैं ट्राई ने कहा कि जिन घरों में एक व्यक्ति के नाम से एक से अधिक टीवी कनेक्शन हैं ऐसे घरों में दूसरे और अतिरिक्त टीवी कनेक्शन के लिए अधिकतम चालीस प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा

मनी का अर्थ है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटीफायर आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास ने कल मुम्बई में इसे जारी किया मनी ऐप एन्ड्रायड और आईओएस दोनों संचालन प्रणालियों पर उपलब्ध होगा आरबीआई ने कहा है कि इस ऐप के जरिए दृष्टिबाधित लोग भारतीय रूपयों की पहचान कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद यह ऐप बिना इंटरनेट के भी काम करेगा इसके जरिए उपयोगकर्ता कैमरे का उपयोग करके नोट को स्कैन कर सकते हैं ऐप नोट को पहचानकर हिन्दी और अंग्रेजी में बोलकर जानकारी देगा योग ओलम्पियाड बेंगलूरू में आयोजित तेईसवीं राष्ट्रीय योग ओलम्पियाड प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम को कांस्य पदक जीतने में सफलता मिली है स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान में बीते तीस और इकतीस दिसंबर को संपन्न हुई इस प्रतियोगिता में पच्चीस वर्ष से अधिक बालिका वर्ग में माला स्वर्णा तिवारी श्वेता चौधरी और रेणुका यादव ने कांस्य पदक जीता युवा महोत्सव राजधानी रायपुर में आगामी बारह जनवरी से राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को निखारने और प्रदेश की कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है युवा महोत्सव के तहत प्रदेश के सभी विकासखंडों और जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं इनमें चयनित प्रतिभागी तीन दिवसीय राज्य स्तरीय महोत्सव में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे मौसम और अब पेश है मौसम का हाल मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की चेतावनी दी है वहीं कुछ इलाकों में बारिश के साथ ओले भी पड़ सकते हैं जिससे शीतलहर चलने के आसार हैं मौसम विभाग ने कल और परसों के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया है राजधानी रायपुर सहित बिलासपुर कोरबा और राजनांदगांव जिले में आज हल्की से मध्यम बारिश हुई रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मौसम विज्ञानी आरके वैश्य ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रदेश के उत्तरी भाग से पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहा है और साथ ही राजस्थान से झारखंड तक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है इसके असर से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो रही है उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान में कमी आने से ठंड के और बढ़ने के आसार हैं

वहीं कक्षा नवमीं और दसवीं की परीक्षाएं यथावत् संपन्न होंगी उधर कबीरधाम जिले में स्कूलों के समय में चार जनवरी तक के लिए परिवर्तन किया गया है अब स्कूल एक ही पाली में सुबह दस बजे से दोपहर तीन बजे तक लगेगी संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में परीक्षा से जुड़ा तनाव दूर करने के लिए देश विदेश के विभिन्न वर्गो के विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत से संबंधित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आगामी बीस जनवरी को होगा इससे पहले यह कार्यक्रम सोलह जनवरी को होने वाला था रायपुर प्रेस क्लब के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास पर मुलाकात की प्रतिनिधिमंडल ने श्री बधेल को पांच जनवरी को प्रेस क्लब रायपुर में आयोजित नववर्ष मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रुप मे शामिल होने का आमंत्रण दिया नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आज बिलासपुर में रैली निकाली गई इस दौरान रैली में शामिल वक्ताओं ने कहा कि इस कानून से भारत के किसी भी नागरिक को कोई नुकसान नहीं है कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना अंतर्गत दुत्ता गांव में सुरक्षा बलों ने दो नग आईईडी बरामद किया जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया और दुर्ग की जेवरा पुलिस ने प्रतिबंधित दवा बेचने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है